सीएम इन्दौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बालिका सुरक्षा विषय को प्रदेश के स्कूली पाठ्यकम में शामिल किया जायेगा श्री चौहान ने कल इंदौर के एमवाय अस्पताल में यह बात कहीं श्री चौहान ने यहां मंदसौर की दुष्कर्म पीड़ित बालिका के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे स्वयं शुरू से ही दुष्कर्म पीड़ित बालिका के संबंध में एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से प्रति दिन व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल कर रहे हैं श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिये कृत संकल्पित हैं बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर तीन माह के भीतर दोषी को सजा दिलाई जायेगी मुख्यमंत्री ने एमवाय अस्पताल में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि द्ष्कर्म पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य शिक्षा आदि का खर्च राज्य शासन वहन करेगी

योजना के तहत अधिसूचित मंडी परिसर में उपज विक्रय किए जाने पर ही प्रोत्साहन राशि के लिये पात्रता होगी ग्रीष्मकालीन मूंग विक्रय के लिये सीहोर जिला में आष्टा सीहोर नसरूल्लागंज बकतरा रेहटी श्यामपुरइछावर जावर मंडी रायसेन जिले में बरेली औबेदुल्लागंज रायसेन उदयपुरा बेगमगंज गैरतगंज सिलवानी मंडीविदिशा जिले में गंजबासोदा विदिशा सिंरोज शमशाबाद लटेरी कुरवाई गुलाबगंज मंडी हरदा जिले में हरदा टिमरनी खिरकिया सिराली मंडी होशंगाबाद जिले में पिपरिया इटारसी बानापुरा होशंगाबाद सेमरीहरचंद बनखेड़ी बाबई इंदौर जिले में इंदौर सावेर महू गौतमपुरा धार जिले में धार बदनावर धासनोद राजगढ़ मनावर कुक्षी गधवानी मंडी देवास जिले में देवास खातेगांव सोनकच्छ लोहादों कन्नोद हाटपिपल्या बागली मंडी और गुना जिले में गुना कृम्भराज आरोन बीनागंज मकसुदनगढ़ और राधोगढ़ मंडी को अधिसूचित किया गया है ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये दमोह जिले में दमोह पथरिया जबेरा हटा मंडी कटनी जिले में कटनी मंडी डिंडोरी जिले में गोरखपुर डिंडोरी शहपुरा निवास मंडी सिवनी जिले में सिवनी और केवलारी मंडी को अधिसूचित किया गया है ग्रीष्माकालीन उड़द और मूंग दोनो के लिये जबलपुर जिले में जबलपुर सिहोरा शहपुरा भिटौनी पाटन मंडी बालाघाट जिले में वारासिवनी बालाघाट कटंगी लालबर्रा परसवाड़ा मोहगाँव खेरलांजी नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा करेली नरसिहपुर गोटेगांव और तेंदूखेड़ा मंडी को अधिसूचित किया गया है जल प्रदाय योजना रायसेन जिले के उदयपुरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समूह जल प्रदाय योजना का लोकार्पण करेंगे एक सौ छप्पन करोड़ रूपये की लागत की इस योजना के तहत उदयपुरा और आसपास के कई गॉवों तक नर्मदा नदी का पानी पहॅचाया जायेगा कार्यक्रम में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे यहां केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तीन सत्ताईस करोड़ रूपये से अधिक के कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख पैतालीस हजार से ज्यादा हितग्राहियों को एक सौ आठ करोड़ रूपये के हितलाभ पत्र वितरित किये जायेंगे केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज शिवपुरी प्रवास रहेंगे इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे श्री तोमर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे

बॉन्ड सूचीबद्ध कराने वाला इंदौर प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है

नगर निगम ने जल वितरण सीवरेज और शहरी परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए ये कदम उठाया है इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक इन्दौर नगरनिगम बॉण्ड्स पर पूरा भरोसा रखें निवेश करने वाले प्रत्येक का धन केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि इन्दौर के विकास कार्यो में भी सहभागी होने वाला है मुख्यमंत्री ने मुंबई प्रवास के दौरान कल सीआईआई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदेश में निवेश के संदर्भ में विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतों और उद्योगपतियों से मुलाकात की

उमाशंकर गुप्ता राजस्व मंत्री उमाशंकर ग्रप्ता ने कहा है कि श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए दललों के चक्कर में ना पड़े संबल योजना के तहत पात्र लोगों के जल्द से जल्द कार्ड़ बनाये जायेंगे कल भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान श्री ग्रप्ता ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में असंगठित श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किये उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी हटाने के लिये कृत संकल्पित है

मौसम भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई वहीं सागर होशंगाबाद और शहडोल संभागों में कुछ स्थानों पर तथा शेष संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई

सामान्य से अधिक वर्षा जिले छिंदवाड़ा शहडोल उमरिया इंदौर बड़वानी उज्जैन मंदसौर नीमच रतलाम मुरैना श्योपुर कलां और सीहोर है सामान्य वर्षा वाले जिले सिवनी मण्डला नरसिंहपूर धार झाबुआ खरगोन खण्डवा देवास शाजापुर आगर मालवा भिण्ड ग्वालियर गुना भोपाल रायसेन विदिशा राजगढ़ हरदा और बैतूल हैं कम वर्षा वाले जिले जबलपुर बालाघाट सागर दमोह डिंडोरी टीकमगढ़ छतरपुर रीवा सिंगरौली सीधी सतना अनूपपुर अलीराजपुर ब्रहानपुर शिवपुरी अशोकनगर दतिया और होशंगाबाद तथा अल्प वर्षा वाले जिले कटनी और पन्ना हैं मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों में सागर दमोह विदिशा रायसेन नरसिंहपुर जबलपुर छिंदवाड़ा सीहोर भोपाल होशंगाबाद उज्जैन और सिवनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह केम्प भोपाल के सर्व सुविधायुक्त तथा आधुनिक तकनीकों से लैस मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी में कराने की अपनी सहमति दी है

इन शूटिंग रेंज के अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुरूप उपकरण स्थापित किए गए है दुष्कर्म सजा उज्जैन सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है